मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मण्डी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास मण्डी का स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुभारम्भ अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरूआत की अमृत महोत्सव प्रदेश इधर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो चण्डीगढ़ और प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई

राज्यपाल ने रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल भी मौजूद रहीं

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रदर्शनी में आकर आज़ादी की प्राप्ति के इतिहास से रूबरू हों और देश व प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित हों

जयराम ठाकुर ने कहा कि यहां बनने वाला शिवधाम मण्डी शहर आने वाले लोगों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण होगा और इससे शहर के पुराने व समृद्ध सांस्कृतिक गौरव को हासिल किया जा सकेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्टोरिया पुल से डांगसीधर तक सड़क का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी नगर परिषद को नगर निगम में स्तरोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया इस अवसर पर सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में एचआरटीसी चालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की है वे आज मण्डी में परिवहन निगम चालक संघ के नौवें राज्यस्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कें आर्थिकी की जीवन रेखाएं हैं और इसमें एचआरटीसी के वाहन चालाकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निगम के चालकों व परिचालकों को उनकी पूरी बकाया राशि समय पर प्रदान की है ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े

अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज भव्य शोभा यात्रा के साथ मण्डी के पड्डल मैदान में शुरू हुआ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज माधवराय मंदिर में पूजा अर्चना की और पारम्परिक शोभा यात्रा में भाग लिया शोभा यात्रा में ज़िले के करीब डेढ़ सौ देवी देवता शामिल हुए इस दौरान हज़ारों की संख्या में लोग पारम्परिक परिधानों में शोभा यात्रा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों व अन्य वाद्य यंत्रों की धुनों पर झूमते नज़र आए

राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए राज्य सरकार कोरोना योद्वाओं और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया उन्होंने कहा कि टीकाकरण स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और आवश्यक है

उन्होंने कहा कि ये टीका प्ररी तरह सुरक्षित है और लोगों को टीकाकरण के लिए आगे आना चाहिए

चम्बा में आज ज़िला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही

उन्होंने कहा कि चम्बा ज़िला को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार प्रयासरत है भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों सांसदों प्रभारियों और ज़िला अध्यक्षों की बैठक आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहप्रभारी संजय टंडन राज्यसभा सदस्य अनिल जैन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और संगठन मंत्री पवन राणा विशेष रूप से मौजूद रहे इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से कोविड संकट काल में सेवा कार्य किए हैं उसी तरह से टीकाकरण अभियान में भी पार्टी एकजुटता से कार्य करेगी

पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा का संगठन प्रदेश में बूथ स्तर तक सक्रिय है